वे आज शिमला में राष्ट्रीय उच्च मार्गो और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुददों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य लोकनिर्माण विभाग संबधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित की जाएंगी

नामांकन विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा प्रदेश भाजपा के चुनाव अधिकारी व सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए राजीव बिंदल के नाम के दो नामांकन सैट भरे गए उन्होंने कहा कि पहला नामांकन सैट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने प्रस्तावित किया जबकि दूसरा नामांकन सैट शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों ने प्रस्तावित किया रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय परिषद के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र से राकेश जमवाल शिमला से सुखराम चौधरी कांगड़ा से रीता धीमान और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से राजेंद्र गर्ग ने अपना नामांकन भरा लीगेसी योजना प्रदेश सरकार ने आबकारी व कराधान विभाग के तहत लीगेसी मामलों के समाधान संबंधी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वस्तु व सेवाकर में सामान्य विक्रय कर वैट केंद्रीय बिक्री कर और अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर के लंबित मामलों के निपटारे के लिए लीगेसी विवाद समाधान योजना शुरू की है जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से आवेदकों को प्रतिरक्षण व प्रोत्साहन मिला है

यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे नरेन्द्र मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे

प्याज की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इसका वितरण निगम के विभिन्न थोक गोदामों व प्रचून बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है

मौसम जनजातीय जिले लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी से इन क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है लाहौल स्पीति जिले में सभी मुख्य सडकें आवाजाही के लिए अवरूद्ध हैं और अधिकतर स्थानों में संचार व विद्युत आपूर्ति भी ठप्प है स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब मौसम और बर्फबारी के चलते हैलीकॉप्टर उड़ाने भी नहीं हो पा रही हैं जिससे मरीजों को घाटी से बाहर ले जाने में दिक्कत आ रही है किन्नौर जिले में फिर से हो रही बर्फबारी के कारण अवरूद्व सडकों को खोलने के कार्य में बाधा आ रही है उपायुक्त गोपाल चन्द ने हिमखंड आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील की है

बैठक प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला में आयोजित लोकलेखा समिति की दो दिवसीय बैठक आज सम्पन्न हुई समिति ने लोक निर्माण ग्रामीण विकास शहरी विकास और उद्योग विभाग से संबंधित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार विमर्श किया